निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के चारों दोषी पवन ग्रप्ता विनय शर्मा अक्षय ठाक्र और मुकेश सिंह को आज सुबह दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई इससे पहले दोषियों ने फांसी से बचने के लिए हरसंभव कानूनी उपायों का इस्तेमाल किया दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने कल रात सजा पर रोक लगाने की दोषियों की अंतिम याचिका भी खारिज कर दी

यह व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने आप पर लागू कर्फ्यू होगा प्रधानमंत्री ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान केवल आवश्यक सेवा में लगे लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए श्री मोदी ने देशवासियों से डॉक्टरों चिकित्सा कर्मियों और सफाई कर्मचारियों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने का अनुरोध किया उन्होंने कहा कि रविवार शाम पांच बजे पांच मिनट के लिए हर व्यक्ति अपने घर की बालकनी खिड़की या दरवाजे पर आकर ताली थाली बजाकर इन सेवा कर्मियों को धन्यवाद दे और उनका हौसला बढ़ाए कोरोना वायरस के फैलते संकमण को लेकर राजभवन भी गंभीर है

रांची के रिम्स में कोरोना वायरस की जांच जल्द शुरू हो जयेगी रियल टाईम पीसीआर मषीन कल स्टॉल कर दी गई अब वायरस की जांच के के लिए सैम्पल जमषेदपुर नहीं भेजने होंगे माइको बायोलोजी विभाग की लेबोरेटरी में मषीन लगाई गई है वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम ने रिम्स के आइसोलेषन वार्ड का निरीक्षण किया

जैसा कि आपको मालूम हो कि राज्य में अब तक चालीस लोगों के सैम्पल की जांच हुई है जिनमें से सभी की रिपोर्ट निगेटिवे आई है इस बीच विधायक दीपिका पांडेय आज स्वयं रिम्स पहंचकर अपने को आईसोलेट कराया

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह के बाद बुधवार रात को सभी शैक्षनिक संस्थाओं को परीक्षाएं रोकने की सलाह दी थी इसके पहले सीबीएसई ने तुरंत इस पर अमल करते हुए अपनी परीक्षाएं स्थगित कर दी थी

आयोग ने तीस मार्च को होने वाली जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा भी टाल दी है नई तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी

इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाईन नम्बर भी जारी किये हैं

अनावश्यक यात्रा टालने और वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा न करने के लिए प्रेरित करने के लिए मरीजों छात्रों और दिव्यांगजनों के अलावा सभी श्रेणी की रियायती टिकटों की सुविधा कल मध्यरात्रि से निलंबित की गई है

गैर जरूरी यात्रा और रेलगाडियों में भीड़भाड़ कम करने के लिए एक सौ पचपन गाड़ियों को इक्कतीस मार्च तक रद्द किया गया है इन रेलगाडियों के मार्ग पर अन्य रेलगाडियां उपलब्ध है

कांग्रेस और भाजपा के सदस्यों के बीच तकरार बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्र नाथ महतो ने सदन की कार्यवाही दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी दुमका विधानसभा सीट के उपचुनाव की तैयारी में जिला प्रषासन जुट गया है

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय के आदेष पर कमलनाथ सरकार को आज दोपहर बाद दो बजे विधानसभा में बहमत साबित करना था